झारखंड में मॉनसून सक्रिय

झारखण्ड में पिछले चौबीस घंटों में दो हजार चौंसठ कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है

कल नौ सौ उनहत्तर लोग स्वस्थ भी हुए जबकि पांच लोगों ने दम तोड़ दिया

इनमें सक्रिय केस पंद्रह हजार दो सौ छप्पन हैं वहीं अठाइस हजार एक सौ उनचास मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में इस संकमण से अबतक चार सौ अठाइस लोगों की जान जा चुकी है

इस टीम में दिल्ली मेडिकल कॉलेज के दो चिकित्सक और ओड़िसा के भुवनेश्वर मेडिकल कॉलेज के एक चिकित्सक शामिल हैं यह टीम कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभवित रांची जमशेदपुर और धनबाद के कोविड अस्पतालों का जायजा लेगी

टीम यहां दस दिनों तक स्थिति का आकलन करेगी और जरूरी सुझाव देगी राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना संकमण तेजी से फैल रहा है

अब तक पांच सौ पांच लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं

स्वास्थ्य विभाग साहिबगंज के सिविल सर्जन ने जानकारी दी है कि साहिबगंज जिले में स्पेशल टेस्ट ड्राइव चलाया जा रहा है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है इस संबंध में बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी अपने टवीट संदेश में उन्होंने लिखा है कि वे जल्द ही अपने काम पर लौटेंगे

उधर बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद और मांडु विधानसभा सीट से भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल डॉक्टरों की निगरानी में अपना इलाज करा रहे हैं स्वस्थ्य विभाग ने राज्य के खाद्य कारोबारी होटल और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए नयी गाइड लाइन जारी की है विभाग ने कहा है कि संचालकों को अपने कर्मचारियों का नाम पता और उनका संपर्क नंबर अपडेट रखना होगा पूरे परिसर की हर दिन दो बार सफाई और हर दो घंटे पर सेनेटाइर करना अनिवार्य होगा निर्देश में यह भी कहा गया है कि उनके यहां के कर्मचारी कंटेनमेंट जोन से न आते हों और कार्यस्थल में समुचित एहतियात बरतते हुए काम करेंगे

प्रल्हाद जोशी मंगलवार को कोल इंडिया द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित स्टेकहोल्डर्स मीट को संबोधित कर रहे थे

गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की मौके पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रहीं उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पीड़ितों के लिए चार लाख पचहत्तर हजार रूपये राहत अनुदान के रूप में स्वीकृत किए गए हैं जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि राशि का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से उनके खाते में किया गया है इसके साथ उपायुक्त ने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने और अष्टम वर्ग के छात्र छात्राओं को साइकिल की राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया सीसीएल मुख्यालय रांची में मंगलवार को पीएम प्रसाद ने सीएमडी पद पर योगदान दिया सीसीएल मुख्यालय पहुंचने पर सीसीएल के निदेशक वीके श्रीवास्तव एनके अग्रवाल ने उनका किया मालूम हो श्री प्रसाद इसके पूर्व बीसीसीएल के सीएमडी के पद पर कार्यरत थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीसीएल में कोयला उत्पादन का लक्ष्य और देश को कोयले की जरूरत को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का प्रावधान करने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और देश फल सब्जियों की मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बन सकेगा

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों तक विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है मौसम विभाग ने वज्रपात को देखते हुए चेतावनी जारी की है इधर मॉनसून के सक्रिय रहने से कल राजधानी रांची जमशेदपुर खूंटी चाईबासा सिमडेगा और लोहरदगा जिले में बारिश हुई चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप प्रतियोगिता के सब जूनियर बालक वर्ग में जमशेदपुर के सुषमित कुमार दास को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है इसके अलावा झारखंड की अनुष्का कर्मकार ने जूनियर वर्ग की आर्टिस्टिक स्पर्द्धा में स्वर्ण और आसन स्पर्द्धा का कास्य पदक हासिल किया इसके अलावा अमित कुमार अंकिता शर्मा कुमारी श्रीजन और भार्गवी मंडल ने झारखंड के लिए अलग अलग स्पर्द्वाओं में कई पदक हासिल किये और अब संक्षिप्त खबरें राजीव कुमार ने कल देश के चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया

खूंटी में पुलिस ने डड़गामा से हथियार गोंली तीन बाइक और एक मोबाइल बरामद किया है खूंटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डड़गामा के पास कुछ हथियारबन्द अपराधकर्मी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं

ब्लैक टॉप पर पहुंची भारतीय सेना शीर्षक से दैनिक जागरण ने पहली खबर बनाया है अखबार ने लातेहार जिले के बरवार्डीह रेल खंड में छह हिरणों की कटकर हुई मौत मामले में दस ड्राइवरों और गार्ड पर प्राथमिकी की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हिंदुस्तान अखबार ने दक्षिण पैंगोंग पर भारत के कब्जे की खबर को पहली सुर्खी बनाया है

बैठक की आड़ में चीन की फिर घुसपैठ की हिमाकत की सेना ने खदेड़ दिया दैनिक भास्कर की पहली सुर्खी है

अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूरसंचार कंपनियों को सरकार को बकाया राशि के भुगतान के लिए दस साल की मोहलत देने की खबर को प्राथमिकता दी है